वित्तमंत्री ने बताया कि योजना के तहत सरकारी कर्मचारी त्यौहार से पहले दस हजार रूपये ले सकेगा जिस पर ब्याज नहीं लगेगा उन्होंने बताया कि यदि पचास प्रतिशत राज्य इस योजना को लागू करते हैं तो मांग क्षेत्र में लगभग आठ हजार करोड रूपये की वृद्धि की संभावना है पूंजीगत व्यय के तहत उपयोग के लिए राज्यों को विशेष सहायता के बारे में वित्तमंत्री ने बताया कि विशेष ब्याज मुक्त ऋण का भुगतान पचास वर्ष में करना होगा

सहायता योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तरी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को दो हजार पांच सौ करोड रूपये दिये जायेंगे

अनूपपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह ने अपना नामांकन पत्र भरा सांची से भाजपा के प्रभूराम चौधरी ने भी अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर दिया है

शिवपुरी में पोहरी सीट के लिये दो नामांकन पत्र दाखिल किये गये हैं आगरमालवा और खंडवा में भी एक एक प्रत्याशी ने नामांकन भरे चुनाव प्रचार भी गति पकड़ रहा है सभी दलों के बड़े नेता अपने उम्मीद्वारों के पक्ष में जमकर प्रचार कर रहे हैं

कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान केन्द्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग सहित इस महामारी से बचने के लिये तमाम उपाय कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिये हैं जिससे मतदाता सुरक्षित मतदान कर सकें

इसी तरह पोलिंग एजेंट को मतदान केन्द्र पर तापमान मापने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा मतदाता की पहचान के लिये वोट डालने से पहले उसे मास्क नीचे करने की अनुमति होगी इसके अलावा हेंड सैनेटाइजर और मतदाताओं के बाहर बैठने की व्यवस्था सहित अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी

भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक विजया राजे सिंधिया राजमाता के नाम से विख्यात थीं दिवंगत नेता को श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राजमाता सिंधिया का जीवन और उनके कार्य निर्धनों से जुड़े हुए थे और उनका जीवन जन सेवा में लगा था श्री मोदी ने कहा कि राजमाता सिंधिया ने अपना जीवन राष्ट्र के निर्माण में समर्पित किया और भावी पीढी की समृद्धि के लिए अपनी खुशियों को त्याग दिया कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल और राजमाता सिंधिया के परिवार के करीबी रिश्तेदार शामिल हुए कोरोना प्रदेश प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित लोगों से ज्यादा बनी हुई है

जन आंदोलन अभियान कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गये है

उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की

इस दौरान यात्रियों को निःशुल्क मास्क भी दिये जा रहे हैं